प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिकों को फाईव जी कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती चुनौतियों पर ध्यान कोन्द्रित करना चाहिए उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किफायती और टिकाऊ बैटरियों की आवश्यकता है नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान के उपयोग पर बल दिया प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्चुअल लैब विकसित करने की आवश्यकता जतायी संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बेंगलुरू स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज निमहांस के साथ समझौता किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि निमहांस एईएस पर प्रभावी निगरानी के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी बाईट राज्य में जो जेईस और एईएस के केसेज होते हैं इसके कारणों को समझने के लिए जिस प्रकार की क्षमता विकसित की जानी है राज्य में वह निमहांस के सहायता से की जायेगी इस एमओयू के मार्फत हम सबसे पहले गैप असिस्मेंट करेंगे और पायेंगे की कहां पर किस प्रकार की कमी है कि समय रहते इस प्रकार की कमियों को हम पूरा कर सके निमहांस लेवल वन का लेबोरेटरी रहेगा और उनके द्वारा सहयोग करके डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल और पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हास्पीटल को लेवल दू के रूप में विकसित किया जायेगा सूजन घोटाले के एक फरार आरोपी एनवी राजू की भागलपुर स्थित तीन अचल सम्पत्तियों को जब्त किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा से लिये गये ऋण को अदा नहीं करने के कारण उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गयी है एन वी राजू पर बैंक के एक करोड़ अठासी लाख रूपये का बकाया है सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में शामिल हो रहे सभी परीक्षार्थियों को श्भकामनाएं दी हैं एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि महीनों की कड़ी मेहनत और तैयारी से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी प्रधानमंत्री ने बीस जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्हें किसी भी तनाव से दूर रहने की सलाह दी थी बाईट एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए डरना ही नहीं चाहिए खुद को कसके रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे दूसरी बार करेंगे ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए जिंदगी जीने का यहीं उत्तम मार्ग है

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्रह फरवरी से आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार की परीक्षा में पन्द्रह लाख उनतीस हजार तीन सौ तिरानवे अभ्यर्थी शामिल होंगे कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए राज्यभर के एक हजार तीन सौ अड़सठ केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं इधर राज्य सरकार ने कहा है कि परीक्षा में बाधा पहुंचाने वाले और मूल्यांकन कार्य नहीं करने वाले शिक्षक बर्खास्त किये जायेंगे पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नियोजन इकाईयों को पत्र लिखकर ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है वहीं शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने शिक्षकों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की है गौरतलब है कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर सत्रह फरवरी से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि नक्सल प्रभावित जिलों में चल रही सड़क निर्माण योजनाओं की गति को और तेज किया जायेगा आज पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पांच जिलों औरंगाबाद गया मुजफ्फरपुर जमुई और बांका के लिए एक हजार छह सौ उनतालीस करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है उन्होंने बताया कि इस राशि से एक हजार अड़तीस किलोमीटर लम्बी चौंसठ सड़क परियोजनाओं और इकतालीस पुलों का निर्माण किया जाना है इसके अलावा कैमूर रोहतास नवादा और जमूई जिले की भी कई सड़क परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो चुका है श्रम संसाधन मंत्री विजय क्मार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कपड़े के लिए प्रति वर्ष ढ़ाई हजार रूपये देगी गया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं मजदूरों को मिलेगा जिन्होंने अपना पंजीकरण श्रम विभाग में करवाया है प्रदेश में कोरोना वायरस के चार नये संदिग्ध मरीजों की पहचान हई है भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीन संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए रक्त और लार के नमूने लिये गये नमूने को जांच के लिए कोलकाता भेज दिया गया है वहीं जहानाबाद सदर अस्पताल से एक संदिग्ध मरीज को पीएमसीएच भेजा गया है भाजपा सांसद छेदी पासवान ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है श्री पासवान आज सासाराम में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस कानून का किसी भी भारतीय से संबंध नहीं है और यह किसी की नागरिकता नहीं छीनता है चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली के एम्स भेजा जायेगा रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लालू प्रसाद का इलाज कर डॉक्टर डी के झा ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद को एम्स भेजे जाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गयी है रोहतास जिले के डिहरी में सम्पन्न बीसवीं अखिल भारतीय पूलिस शूटिंग प्रतियोगिता में बीएसएफ की टीम ओवर ऑल चैंपियन बनी है वहीं असम रायफल्स की टीम दूसरे स्थान पर रही पटना में आज से सगुना मोड़ और नौबतपुर के पास सीएनजी स्टेशन शुरू हो गया है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि अगले महीने तक दो और नये सीएनजी स्टेशन काम करने लगेंगे वैशाली जिले के पुलिस अधीक्षक ने बिद्रपुर थाने में तैनात दारोगा जय कुमार सिंह को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है गिरफ्तार दारोगा ने एक व्यक्ति से केस में दर्ज नाम हटाने के एवज में बारह हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत गांधी चौक के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से पांच लाख रूपये लूट लिये लूट की घटना के दौरान केन्द्र संचालक अपनी मोटरसाईकिल से नीचे गिर गया और एक ट्रक की चपेट में आ गया उसकी मौके पर ही मौत हो गयी इस सिलसिले में पुलिस ने मृतक के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है पूर्व मध्य रेलवे के सुपौल और सहरसा रेलवे स्टेशनों के बीच आज से एक जोड़ी नयी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरु हो गया है ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव और स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामैत ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र के अरई बागीचा के पास एक पिकअप वैन के पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये पूर्णियां के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज दो दिवसीय पुरैनिया महोत्सव का शुभारंभ हुआ इसका आयोजन पूर्णिया जिले की स्थापना के दो सौ पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है बांका जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के तेरह साल पुराने एक मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास और पचास पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है अररिया जिले के पलासी प्रखंड के डेहटी दक्षिण पंचायत में अगलगी की घटना में चालीस घर जलकर राख हो गये और एक दर्जन से अधिक मवेशियों की झुलसने से मौत हो गयी जमुई जिले के चकाई थाना के बिच्कोड़वा गांव से कुख्यात नक्सली प्रमोद यादव को पुलिस ने अर्धसैनिक बलों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है नक्सली पर कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है